पंद्रह फरवरी को होगा मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन

उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर लम्बित आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें

न्यायालय ने राजनीतिक दलों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपनी वेबसाइट पर कारण बतायें कि ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव क्यों किया गया है जिन के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लम्बित हैं राजनीतिक दलों को फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइट तथा एक स्थानीय भाषा और एक राष्ट्रीय अखबार में भी यह ब्यौरा प्रकाशित कराने का आदेश दिया गया है उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक द्रष्कर्म और हत्या मामले में मौत की सजा पाए विनय शर्मा की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें उसने अपनी दया याचिका रद्द किये जाने संबंधी राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती दी थी शर्मा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उसकी दया याचिका खारिज करने की सिफारिश संबंधी फाईल पर दिल्ली के उप राज्यपाल और केन्द्रीय गृह मंत्री ने हस्ताक्षर नहीं किये हैं इधर पीठ ने इस मामले के चारों दोषियों को अलग अलग फांसी देने की मांग करने वाली केंद्र की याचिका पर आज सुनवाई टाल दी दोषियों को कल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है शिक्षा विभाग ने एक बार फिर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक नियोजन कार्यक्रम में संशोधन किया है अब मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन पंद्रह फरवरी को होगा मेरिट लिस्ट में शामिल किये गये अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान सत्रह से उन्नीस फरवरी के बीच होगा वहीं बाईस फरवरी को मेधा सूची का अनुमोदन होगा और पच्चीस फरवरी को इसे सार्वजनिक किया जायेगा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का पांच मार्च को संबंधित बोर्ड और विश्वविद्यालय से सत्यापन होगा नगर निकाय में छह मार्च को जबकि जिला परिषद् में सात मार्च को अभ्यर्थियों के बीच नियोजन पत्र का वितरण किया जायेगा बिहार सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस मार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में मारे राज्य के लोगों के निकटतम आश्रितों को दो दो लाख रूपये की अनुग्रह सहायता राशि देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के परिजनों को पचास पचास हजार रूपये की सहायता प्रदान करने और उनकी इलाज की समूचित व्यवस्था करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है गौरतलब है कि आज तड़के एक यात्री बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से चौदह लोगों की मौत हो गयी और दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे मृतकों में पांच बिहार के रहने वाले थे अंतर्राष्ट्रीय कंपनी कोका कोला इंडिया प्रदेश में लीची परियोजना के तहत एक दशमलव सात अरब डॉलर का निवेश करेगी आज पटना में इस परियोजना की शुरूआत करते हुए कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि इससे लगभग अस्सी हजार लीची उत्पादकों को लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत लीची उत्पादक जिलों मुजफ्फरपुर समस्तीपुर और वैशाली में लीची की उत्पादकता बढ़ाने के लिये किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा और उनका क्षमतावर्द्वन किया जायेगा

उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज पटना में बजट पूर्व परिचर्चा के बाद यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने के बाद स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन में आयी तेजी को देखते हुए यह फैसला किया गया है केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध करने वाले लोकतंत्र और संसद का विरोध कर रहे हैं आज बेगूसराय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस कानून में कुछ भी गलत नहीं है श्री सिंह ने कहा कि कानून को वापस लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है आज विश्व रेडियो दिवस है इसका उद्देश्य जनता और मीडिया में रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है इस वर्ष के रेडियो दिवस का मुख्य विषय है रेडियो और विविधता विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं प्रसार भारती को मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने कहा है कि देश के अनेक भागों में अब भी लोग सूचना के बूनियादी स्रोत के रूप में रेडियो पर निर्भर हैं साउंड बाईट जिस तरह से लोग मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं वो बहत तेजी से बदल रहा है और इस बदलते हुए दौर में हमें नए एक्सपेरिमेंट्स करने ही पडेंगे हमें नई टैक्निक्स को अपनाना ही पडेगा और इसका सबसे बडा उदाहरण मन की बात प्रधानमंत्री जी ने रेडियो को चुना और उसको प्रोपेगेट करने के लिए सारे मीडिया ने टीवी हो डिजिटल हो सभी ने अपनाया तो एक तरह से आई थिंक इट इज द वेस्ट एक्जाम्पल कि हम रेडियो को किस तरह से इनोवेटवली इस दौर में यूज कर सकेंगे उन्नीस सौ छत्तीस में ऑल इंडिया रेडियो की शुरूआत के बाद से आकाशवाणी का कई गुना विस्तार हुआ है आकाशवाणी से वर्तमान में बानवे भाषाओं और बोलियों में प्रतिदिन छह सौ सात समाचार ब्रलेटिन प्रसारित किये जाते हैं दारोगा भर्ती के लिये हुई प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आज पटना में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया अभ्यर्थी परीक्षा का पर्चा लीक होने की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे इधर अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई जिसमें उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया नई दिल्ली के भजनपुरा में सुपौल के एक ही परिवार के पांच लोगों की हुई हत्या के मामले में पूलिस ने शंभू मिश्र नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी ने रूपयों के लेनदेन में सभी लोगों की हत्या की है जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद भोजपुर निवासी सीआरपीएफ जवान रमेश रंजन की पत्नी को राज्य सरकार ने ग्यारह लाख रूपये अनुग्रह सहायता राशि दिये जाने की घोषणा की है रोहतास के डिहरी में आयोजित बीसवीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता के पच्चीस गज बैटलक्रॉच पोजिशन में बीएसएफ के रंजीत हांडिक ने स्वर्ण सीआरपीएफ के आदित्य कुमार ने रजत और एनएसजी के रामस्वरूप ने कांस्य पदक जीता वहीं रायफल प्रैक्टिस में एसएसबी के प्रसेनजीत टापना ने पचास गज स्नैप शूटिंग में बीएसएफ के मुकेश सिंह ने और चालीस गज कारबाईन स्टैंडिंग में सीआरपीएफ के रामनिवास ने स्वर्ण पदक जीता वियतनाम की उप राष्ट्रपति ने आज बोधगया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष की परिक्रमा की और ध्यान लगाया इस दौरान उनके साथ तैंतालीस सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद था बक्सर जिले के धनसोई से पुलिस ने एक पिकअप वैन से दो लाख रूपये मूल्य की शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं खगड़िया जिले में पसराहा थाना क्षेत्र के पितौंझिया ढाला के पास पुलिस ने एक पिकअप वैन से चौदह कार्टन विदेशी शराब बरामद की पूर्णिया जिले के बनमनखी थाना क्षेत्र अंतर्गत हरमुरी गांव में बिजली का तार टूटकर गिरने से तीन घर जलकर राख हो गये इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया लखीसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित रेहुका मोड़ के पास सड़क हादसे में एक दंपति की मौत हो गयी वहीं कटिहार और रोहतास जिले में सड़क दुर्घटनाओं में एक एक व्यक्ति की मौत हो गयी

पंद्रह फरवरी को होगा मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन